प्रदेश में हिन्दी फिल्म पानीपत का विरोध और तेज हुआ जयपुर सहित कुछ जिलों में प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर देश और प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम राष्ट्रपति ने कहा मानवाधिकारों को मजबूत करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी

इस बारे में सभी विभागों को एक परिपत्र जारी किया गया है परिपत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले परिवादियों के काम द्वेषतापूर्वक नहीं रोकने और अन्य किसी भी तरह से उन्हें प्रताडित नहीं करने के निर्देश दिए गए है इन निर्देशों की अवहेलना को सरकार गंभीरता से लेगी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एसीबी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए थे उन्होंने कहा था कि प्रदेश में किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने वालों को संरक्षण दिया जायेगा

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में यह मामला उठाते हुए इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की राज्य के कई सामाजिक संगठनों ने फिल्म के विरोध में राजधानी जयपुर तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया जयपुर में करणी सेना के सदस्यों ने एक सिनेमाघर के बाहर प्रदर्शन कर फिल्म के पोस्टर जलाये अजमेर में आज छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की बीकानेर में युवाओं ने इस फिल्म के निदेशक आशुतोष गोवरीकर का पोस्टर जलाया नागौर में भी युवा जाट समाज द्वारा जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया गया और प्रदर्शन किया गया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेडछाड की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की घटना दुबारा न हो इसके लिये इसकी समीक्षा की जानी चाहिए राजसमंद की सांसद दीया कुमारी ने भी इस फिल्म का विरोध किया है उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने से पहले तथ्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि आयुर्वेद पद्धति को बढावा देने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद और हौम्योपेथी पद्वति को बढावा देने के प्रयास किये जा रहे है

इस अवसर पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मानवाधिकारों को जमीनी स्तर पर मजबूत करना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है श्री कोविंद ने कहा कि मानवाधिकार आयोग ने इस क्रम में समाज के साथ हाथ मिलाकर जागरुकता फैलाने का बेहतर काम किया है उन्होंने कहा दुर्भाग्य से हाल के दिनों में हुई कई घटनाओं ने हमें दुबारा सोचने पर मजबूर किया है महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध देश के अर्नेक क्षेत्रों में हाल में ही घटित हुए हैं ये एक स्थान या एक देश तक सीमित नहीं हैं ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए यह आदर्श होगा कि हम विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर आत्मावलोकन करें प्रदेश में मानवाधिकार दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की कडी में जयप्र में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बाल श्रम उन्मूलन जागरूकता अमियान के तहत तीन कारवा रथो को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

टोंक में भी आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला कारागार में साक्षरता शिविर लगाया गया

इन्ही नागरिकों में से एक नाथूराम ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब वे भी भारत में सम्मान के साथ जी पायेंगे

इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पायलट ने ग्राम पंचायतों के संबंध में कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार ही पंचायतों का परिसीमन कर रही है

हालांकि न्यूनतम तापमान में बढोतरी हुई

मौसम विभाग ने कल पश्चिमी राजस्थान के एक दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की है